वित्त मंत्री केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज की तीसरी किश्त में कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों को राहत देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं और एक लाख करोड़ रूपए के कृषि बुनियादी ढांचा कोष की घोषणा की गई है

केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय उद्यमियों को कलस्टर आधार पर स्वास्थ्य व ऑर्गेनिक उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के लोगों को भी व्यापक लाभ मिल सकेगा जयराम ठाकुर ने पशुओं को मुंह और खुर की बीमारियों से बचाने और मधुमक्खी पालन के लिए धनराशि के प्रावधान के निर्णय के लिए भी आभार जताया मुख्यमंत्री मुख्मयंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को पंचायत व शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से उचित तालमेल बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि वे बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के बारे में अग्रिम जानकारी दे सकें शिमला में आज सभी ज़िला उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा कि होम क्वारंटीन के लिए फुल प्रफ मैकेनिज़्म बनाने की ज़रूरत है क्योंकि किसी भी तरह की ढील नुकसानदायक साबित हो सकती है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि होम क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए

उन्होंने आज शिमला में बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य समाज के कमज़ोर वर्गो को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही आर्थिक गतिविधियां पटरी पर आ जाएंगी तो सरकार एक वर्ष के उपरांत इस निर्णय पर पुनर्विचार कर सकती है उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार द्वारा लिए गए इन निर्णयों का समर्थन करेंगे

वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले के बरनोह में आज निर्माणाधीन मुर्राह प्रजनन केन्द्र का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि इस केन्द्र से किसानों को उन्नत नस्ल की भैंस मिल सकेगी जिससे वे अपनी आय और अधिक बढ़ा सकेंगे वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है लेकिन किसानों के योजनाओं के प्रति जागरूक होने से ही ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है योजना केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित हो रही है

मण्डी ज़िले में लाभान्वित किसानों ने कहा कि इस योजना के तहत खाते में आई राशि से उन्हें खाद व बीज खरीदने की सुविधा मिली है

शिमला में आज मंत्रिमण्डल की उपसमिति की कृषि और आयुर्वेद विभागों के साथ हुई बैठक में उन्होंने बताया कि इन केन्द्रों में एक कौशल हस्तांतरण केन्द्र भी होगा जहां वरिष्ठ नागरिक युवाओं को कौशल प्रदान करेंगे उपसमिति के सदस्य व उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि किसानों व बागवानों के कल्याण और उत्थान के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं

भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में आईजीएमसी के निर्माणाधीन ओपीडी ब्लॉक का निरीक्षण किया

ऊना से हमारे जिला संवाददाता राजेश शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच के बाद इन लोगों को उनके जिला मुख्यालय भेज दिया गया है प्रशासन द्वारा इस दौरान सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए सभी को सेनेटाइजर मास्क और अल्पाहार दिया गया

प्रदेश वापसी पर लोग खुश दिखे और उन्होंने सरकार का आभार जताया

प्रवासी मजदूरों को रवाना करने से पूर्व उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई घर वापसी पर प्रसन्नता जताते हुए इन मजदूरों ने कहा कि इस संकट की स्थिति में हर कोई अपने परिवार के साथ जीवन यापन करना चाहता है हालांकि कुछ मजदूरों का कहना था कि स्थिति सामान्य होने पर वे वापस लौट आएंगे

लाहौल स्पीति के उपायुक्त केके सरोच ने आज केलंग में मधुयष्टियादी कषाय काढ़ा कोरोना योद्वाओं को वितरित किया उपायुक्त ने उम्मीद जताई कि ये काढ़ा कोरोना योद्वाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभदायक सिद्ध होगा

उन्होंने कहा कि ज़िले में फ्रंट लाइन कोरोना योद्वाओं के भी रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं

स्वास्थ्य विभाग द्वारा ज़िले में दो चरणों में ये अभियान चलाया जा रहा है

ज्ञापन पंचायत समिति ब्लॉक काज़ा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी स्पीति ने एडीसी काज़ा के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेज कर ग्राम्फू समदो मार्ग सीमा सड़क संगठन के अधीन लाने का आग्रह किया है स्पीति ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छेरिंग टशी और बीडीसी ब्लॉक अध्यक्ष कलजग फुनचोग ने कहा कि इस सड़क को कभी लोक निर्माण विभाग तो कभी सीमा सड़क संगठन के अधीन किया जाता रहा है जिसके चलते अभी भी इस मार्ग का सुधार नहीं हो पा रहा है